सदन में प्रश्नकाल पूरा होने के बाद विपक्षी सदस्यों ने आईएस अधिकारी गौरी सिंह द्वारा स्वैच्छिक सेवा निवृत्त के लिए आवेदन का मामला उठाया पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने यह मामला उठाते हये कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार व्याप्त है इससे ईमानदार अधिकारी दुखी है उन्होंने इस मामले में सामान्य प्रसाशन मंत्री से वक्तव्य की मांग की विपक्षी सदस्यों द्वारा लगाये गये आरोपों का सत्तापक्ष के सदस्यों ने तीखा विरोध किया इस दौरान विपक्षी सदस्यों ने आसंदी के निकट नारेबाजी की हंगामें के बीच ही अध्यक्ष ने आज की कार्यसुची में शामिल कार्य निपटाये और सदन की कार्यवाही अनिश्चिकाल के लिए स्थगित कर दी

आज नई दिल्ली में एसोचैम के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुये उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्ष में देश ने अपनेआप को इतना मजबूत कर लिया है कि ऐसे लक्ष्य हासिल किये जा सकते हैं श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने अर्थव्यवस्था में बदलाव के साथ ही अनुशासन भी कायम किया है इससे किसी भी तरह की आर्थिक चुनौतियों से निपटा जा सकता है आईफा अवार्ड इंटरनेशनल इण्डियन फिल्म एकेडमी आईफा अवार्ड समारोह अगले वर्ष भोपाल और इंदौर में आयोजित किया जायेगा इस संबंध में आईफा द्वारा दिये गये प्रस्ताव को मुख्यमंत्री कमल नाथ ने मंजूर कर लिया है

श्री शर्मा ने बताया कि अवार्ड समारोह में मध्यप्रदेश सरकार सहयोग करेगी इस आयोजन से मध्यप्रदेश में फिल्म और टेलीविजन से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि राज्य में इस कानून के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन की सूचनाएं नहीं हैं फिर भी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा लागू की गई है मैदानी अमले के अवकाश भी रद्द कर दिए गए हैं प्राप्त जानकारी के अनुसार भोपाल इंदौर सीहोर मुरैना निवाड़ी शिवपुरी छिन्दवाड़ा बालाघाट सहित कई जिलों में निषेधाज्ञा लागू की गई है

उन्होंने संभागायुक्त एवं कलेक्टरों से वीडियों कॉन्फ्रेंस के जरिए चर्चा करते हुये प्रदेश में संगठित अपराधों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान की समीक्षा की और कहा कि कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं है गैर कानूनी काम करने वालो को चिन्हित कर उनके विरूद्व सख्त कार्यवाई की जाये

आरक्षण की यह प्रक्रिया कलेक्टर कार्यालय में होगी जिले की राऊ हातोद मानपुर महुगांव सांवेर गौतमपुरा बेटमा और देपालपुर के पन्द्रह पन्द्रह वार्डो में पार्षद पद का आरक्षण होगा यह आरक्षण अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिये किया जायेगा बालरंग भोपाल स्थित इंदिरा गाँधी मानव संग्रहालय में राष्ट्रीय बालरंग महोत्सव का आज दूसरा दिन है राज्यपाल लालजी टंडन ने आज इस महोत्सव का शुभारंभ किया स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित इस समारोह में आमजन के लिये प्रवेश निःशुल्क है